मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में निवेश के लिये भारत सबसे बेहतर स्थान है श्री मोदी आज वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक दृष्टि नहीं है बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिये भारत में निवेश के उचित अवसर मौजूद है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है इस गोलमेज सम्मेलन में दुनियाभर की शीर्ष निवेशक कम्पनियां भाग ले रही है सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश तथा आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतीय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है कन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने सहित विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कई उपाय किये हैं उन्होंन कहा कि देश ने सभी मानदण्डों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है

उन्होंने कहा कि भारत ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिएं श्री जावड़ेकर ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए जलवायू के अनुकूल प्रौद्योगिकी किफायती दर पर उपलब्ध कराएं इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र की उद्घोषणा जारी की

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो रही हैं और विभिन्न आर्थिक मानदण्डों में प्रतिदिन सुधार हो रहा है

यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को धान खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये उन्होंने बताया कि धान क्रय केन्द्रों पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी

श्री सहगल ने बताया कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसी क्रम में आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत दस हजार करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत कर वितरित किये जा रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग को और अधिक चुस्त दुरूस्त तथा नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां नये रूप में सामने आई हैं बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों को तलाशी तथा गश्त के आधुनिक तरीके बताये जा रहे हैं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

राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पड़ोसी राज्यों के आसपास वाले जनपदों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है

प्रदेश विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की खाली सीटों के लिये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है बारह नवम्बर तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे

आगरा मेरठ लखनऊ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ वाराणसी बरेली मुरादाबाद मेरठ आगरा और गोखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में कल एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के मामले में मृतकों की संख्या चार हो गई है इस घटना में दस लोग घायल हुए है पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पटाखा विस्फोट मामले में चार पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है पुलिस के अनुसार इस गोदाम में बिना किसी सूचना के अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था भारत ने गुरूद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन और रख रखाव की जिम्मेदारी सिख समुदाय द्वारा संचालित संस्था से लेकर गैर सिख समुदाय के निकाय को सौंपने के पाकिस्तान सरकार के फैसले की आलोचना की है विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ऐसी खबरे हैं कि पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन और रख रखाव का प्रशासनिक नियंत्रण वहां की सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी से वापस लकर गैर सिख निकाय इवाकुई ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड को सौंपा जा रहा है मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान का यह एक तरफा फैसला करतारपुर साहिब कॉरीडोर और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल है